इंदौर के नेहरु स्टेडियम में कल टेलीविजन इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया

मप्र शांति अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूसरे दिन शांति कायम रहने के बाद आज प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलेंगे पुलिस और प्रशासन का अमला पूरे राज्य में स्थिति पर नजर बनाए हुऐ है

जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने भी बताया कि जिर्ल में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है उधर खंडवा में भी आज से स्कूल कॉलेज का नियमित संचालन शुरू हो रहा है जिले में रविवार रात से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं में यथावत चालू की जा रही हैं प्रदेश के अन्य शहरों में स्कूल कॉलेजों के खुलने और शांति कायम रहने की खबरे मिल रही है अवार्ड समारोह इंदौर के नेहरु स्टेडियम में कल टेलीविजन इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेष सरकार की सहभागिता से किया गया इस अवार्ड समारोह की शुरूआत प्रसिद्ध भक्ति गीत गायिका आकृति मेहरा के गीत से हुई

इसके बाद छोटे पर्दे के चयनित कलाकारों को श्रेष्ठ निदेषक श्रेष्ठ गायक श्रेष्ठ संपादन हास्य निर्देषक संगीतकार संवाद लेखक पौराणिक कथा निर्देषन श्रेष्ठ वृत्तचित्र सहित अनेक श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए इसके अलावा श्रेष्ठ रिएलिटी षो का पुरस्कार कौन ं बनेगा करोड़पति और श्रेष्ठ नाट्य निर्देषक का पुरस्कार कपिल षर्मा को दिया गया कार्यक्रम में टेलीविजन के हास्य कलाकारों कृष्णा अभिषेक और कीकू षारदा ने अपनी षानदार प्रस्तुतियों से लोगों को जमकर गुदगुदाया वहीं नृत्य और गायन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस समारोह को अविस्मरणीय बना दिया पेंशन सरलीकरण राज्य शासन ने सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रकिया के सरलीकरण के संबंध में आदेश जारी किया है वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पेंशन पेमेन्ट आर्डर पीपीओ कम्प्यूटर पर उपलब्ध डाटा बेस के आधार पर ऑन लाइन जारी किये जा सकेंगे पेंशन का भुगतान भी कर्मचारी को उसके वेतन प्राप्त होने वाले बैंक खातों में त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेगा महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना से पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाने से इनकार के बाद क्या वह राज्य में नई सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बताया है कि उनकी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी और श्री कोश्यारी को इस बात से अवगत करा दिया गया है राज्यपाल ने बाद में शिवसेना विधानमंडल दल के नेता एकनाथ शिंदे से इस मुद्दे पर अपनी इच्छा बताने को कहा है वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए शिवसेना को एनडीए से अलग होना होगा भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री पद बारी बारी से बांटे जाने को लेकर गतिरोध बना हुआ है शेषन निधन पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन शेषन का कल रात हृदय गति रूक जाने चेन्नई में निधन हो गया

उन्होंने रक्षा सचिव और कैबिनेट सचिव सहित केन्द्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रख्यात श्री शेषन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अनेक बड़े चुनाव सुधार किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री शेषन विलक्षण सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ देश की सेवा की

यह राशि संबंधित शिक्षा संस्थान में सीधे ट्रांसफर की जाएगी आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं की जानकारी विभागीय पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ट्राइबल डॉट एमपी डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है ओरछा सुरक्षा दूसरा अयोध्या कहे जाने वाले प्रदेश के ओरछा शहर के प्राचीन राम राजा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं

भारत के लिए दीपक चाहर ने तीन ओवर और दो गेंदों में केवल सात रन देकर छह विकेट लिए

यह उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था

टेस्ट मैच के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए मैदान को ढंकने के लिये ब्रिटेन से विशेष कवर ब्लाये गये हैं इसके अलावा सुपर सॉपर मशीने भी मैदान में रहेंगी जिनसे बारिश के बाद लगभग दो घंटे में मैदान को खेलने योग्य बनाया जा सकता है